केंद्र सरकार ने राज्यों को बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की दी सलाह

उच्चतम न्यायालय ने लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को दिया निर्देश त् कहा देश के नागरिक भी वन पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आयें

राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई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

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सभी जिलों के अधिकारियों और चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ टीकाकरण के हर पहलुओं पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इधर राजधानी रांची में कल कोरोना वैक्सीन की सोलह हजार दो सौ वॉयल पहुंचने के बाद उसे अब राज्य के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा रहा है एक वॉयल में दस लोगों को टीका लगाया जायेगा इस प्रकार इतने वॉयल में कुल एक लाख बासठ हजार लोगों को टीका लगाया जायेगा कल पलामू प्रमंडल के लिए कोरोना वैक्सीन मेदिनीनगर पहुंच गयी जहां से पलामू गढ़वा और लातेहार जिले के अस्पतालों में भेजा जायेगा टीकाकरण के लिए पलामू जिले में सात हजार छह सौ स्वास्थ्यकर्मियों का पंजीयन हुआ है वहीं धनबाद में भी कल कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गयी रजिस्ट्रेशन करा चुके कुल ग्यारह हजार सात सौ पचास लोगों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा

टीकाकरण के लिए जिन लाभुकों का निबंधन किया गया है उनके मोबाइल पर एसएमएस भेजा जायेगा

मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या के अनुरूप कोविशील्ड और कोवैक्सिन टीके आवंटित किए गये हैं इनमें कहा गया है कि वैक्सीन खुराक की ये शुरूआती आपूर्ति है और आने वाले सप्ताहों में आवश्यकतानुसार टीके की और भी खुराक उपलब्ध करायी जायेगी इंसमें यह भी कहा गया है कि टीके की खुराक की आपूर्ति के बारे में जो संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं वे निराधार हैं मंत्रालय ने कहा है कि उसने राज्यों को सलाह दी है कि वे प्रतिदिन लगभग सौ लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टीकाकरण कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए

मत्स्य पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने कहा कि अब तक दस राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है मंत्रालय ने स्थिति से निपटने के लिए राज्यों से स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के साथ तालमेल बना कर काम करने को कहा है वहीं मुर्गी फार्मिंग में विशेष ऐहतियात बरतने को कहा गया है इधर झारखंड में अभी तक एक भी बर्ड फलू के मामले नहीं आये हैं हालांकि राज्य में पक्षियों की मौत होने पर उनके स्वाब जांच के लिए भेजे जा रहे हैं कल भी आठ सौ अधिक नमूने कोलकाता भेजे गये राज्य सरकार ने इस संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर सतर्कता बरतने को कहा है

इस श्रद्वांजलि में फिल्मोत्सव के दौरान सत्यजित रे की यादगार फिल्में दिखाई जाएगी इनमें पाथेर पांचाली चारूलता घरे बायरे शतरंज के खिलाड़ी और सोनार केला शामिल हैं

पंचायती राज विभाग ने श्री तिवारी के नाम की अनुशंसा की है अब इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जायेगा अनुमति मिलने के बाद उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी

वे इसी साल इकतीस मार्च को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं

श्री सेठ ने कहा कि झारखंड एक पिछडा राज्य है और पूर्व की रघवर दास सरकार के प्रयास से यहां के बच्चों के भविष्य को देखते हुए तीन नये मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई थी

इनमें हजारीबाग पलामू और दुमका शामिल हैं लेकिन एक सत्र के दाखिले के बाद इस बार के सत्र में दाखिले की अनुमति नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रोक लगा दी

अदालत ने कल नदियों में प्रद्षण और उससे लोगों की सेहत पर पड़नेवाले दृष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए कहा कि साफ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना राज्यों का संवैधानिक दायित्व है न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह वन नदी झील और जंगली जनवरों के संरक्षण में आगे आयें

उन्होंने कहा कि प्रजन अर्चना के बाद राज्य के सभी गांव मुहल्ला में धन संग्रह अभियान प्रारंभ किया जायेगा उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है रामरेखा धाम व हनुमान जी की जन्म स्थली अंजन धाम अनायास ही भगवान प्रुषोत्तम श्रीराम की याद दिलाता है

सरकार के आदेश पर रांची पुलिस ने सीपी सिंह के आवास पर तैनात हाउस गार्डों की टीम को कल देर रात वापस बुला लिया इस टीम में चार जवान व एक हवलदार थे

उस समय से डोमिसाइल आंदोलन को देखते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी जिसे लगातार जारी रखा गया कल देर रात अचानक उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई टाटानगर रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वारा मार्च से शुरू हो जायेगा इसका निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है

ट्रैक्शन लाइन को क्षतिग्रस्त करने के बाद भाग रहे ट्रक चालक को आरपीएफ ने गोमो आद्रा रेल फाटक के पास पकड़ा चालक को हिरासत में ले लिया गया है राजधानी रांची में फर्जी वोटर कार्ड बनानेवाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अनुमंडल पदाधिकारी ने कचहरी परिसर में कल छापामारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनपर प्राथमिकी दर्ज करायी इस दौरान आसपास के कुछ दुकानों से फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सामानों को भी जब्त किया गया

वहीं पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के निर्देश पर पुलिस अधिकारी निगम प्रसाद और अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम नक्सली से पूछताछ कर रही है दर्जनों नक्सल मामलों में वांछित इस नक्सली की झारखंड बिहार ओड़िशा और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों की पुलिस के अलावे टेरर फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी तलाश थी वहीं इंद्रदेव पत्रकार हत्याकांड का भी यह मुख्य आरोपी है

साहिबगंज और राजमहल के गंगा तटों पर आज सुबह से ही श्रद्दालु गंगा स्नान कर पास के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं वहीं रामगढ़ जिले में रिथत सिद्ध पीठ छिन्नमस्तिका मंदिर में आज हजारों श्रद्दालुओं ने संगम पर पवित्र स्नान किया और करोना संकट से विश्व को बचाने के लिए मां कामना की मान्यता है कि आज के दिन सूर्य के धन् राशि से मकर में प्रवेश करने के बाद तिल गुड दही आदि का दान किया जाता है आज धनुर्मांस समाप्त होने के बाद शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रापति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशवासियों को मकर संक्राति पोंगल बीहु उत्तरायण और पोष पर्व के अवसर पर बधाई दी है ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कामना की कि ये पर्व समाज में प्रेम स्नेह और सौहाई के बंधन मजबूत करेंगे उपराष्ट्पति ने कहा कि ये सभी त्योहार देश की विविधता के लिए जाने जाते हैं और अच्छी फसल तथा प्रकृति की उदारता के प्रतीक हैं वहीं प्रधानमंत्री ने इन सभी पर्वों पर द्नियाभर के लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है राज्यभर में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है मौसम पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में आज भी एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आयेगी

विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है विभाग ने बताया है कि उन्नीस जनवरी तक सवेरे घना कोहरा छाये रहने की संभावना है जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा वहीं अगले दो दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और अब संक्षिप्त खबरें खूंटी जिले में अवैध अफीम की खेती का धंधा अब भी चल रहा है

हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है पाकुड़ जिले में मकर संक्रांति के मौके पर स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना की और दही चूड़ा तिलकुट खाया संक्रांति के मौके पर श्रद्वालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के सितपुर गरम कुंड में उमड़ी इस दौरान कंट्रोल रूम से भीड़ पर नजर रखी जा रही थी सरकार ने बिना फासटैग वाले वाहनों को अब पंद्रह फरवरी तक टोल प्लाजा में नकद भूगतान कर आवागमन की मंजूरी दे दी है सोलह फरवरी से देशभर के सभी टोल प्लाजा में फासटैग अनिवार्य होगा राजधानी रांची में जेके मीडिया कप ट्र्नामेंट का उदघाटन सोलह जनवरी को होगा जबकि पहला मैच सत्रह जनवरी से खेला जायेगा उदघाटन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सैयद सबा करीम शामिल होंगे